प्रधानमंत्री ने कहा भारत और चीन के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता से सहयोग के नये युग की होगी शुरूआत दोनों देश व्यापार और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई उच्चस्तरीय व्यवस्था कायम करने पर सहमत केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन बताया प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल बोर्ड और यू पी सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा अनियमित क्रय विक्रय व स्थान्तरित सम्पत्तियों की जांच सी बी आई से कराये जाने का लिया है निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की कार्यक्रम के तहत सरकार का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच एक दूसरे के सांस्कृतिक जानकारी के आदान प्रदान की व्यवस्था करना है एक भारत श्रेष्ठ भारत देश की विविधता के साथ राष्ट्रीय एकता सुदढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की व्यक्तिगत पहल है प्रधानमंत्री ने दो हजार पन्द्रह में सरदार पटेल की एक सौ चालीसवीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम की घोषणा की थी कार्यक्रम के तहत हर वर्ष प्रत्येक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को आपसी सम्पर्क के लिए अन्य राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जायेगा भारत और चीन ने फिर कहा है कि दोनों देश मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं दोनों देशों ने कहा कि वे अपने मतभेदों को द्रदर्शितापूर्ण तरीके से सुलझाएगें और किसी भी मतभेद को विवाद नहीं बनने देंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल चेन्नई के पास मामल्लपुरम में सम्पन्न अनौपचारिक शिखर बैठक में दोनों नेताओं ने अनेक विषयों पर मित्रतापूर्ण माहौल में गहन विचार विमर्श किया इनमें वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के ऐसे अत्यंत जरूरी दीर्घकालिक और नीतिगत मुद्दे भी शामिल थे जो नियम कानून पर आघारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी हैं दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संपर्क को और मजबूत करने के बारे में भी चर्चा की ताकि द्वनिया के बदलते माहौल में विश्व मंच पर भारत और चीन अधिक अहम भूमिका निभा सकें कल सुबह दोनों नेताओं ने करीब डेढ़ घंटे तक बिना किसी सहायक से सीधी बातचीत की इसके बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई प्रधानमंत्री ने कहा कि वुहान भावना ने दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को नई रफ्तार दी है और उनमें एक दूसरे के प्रति नया विश्वास पैदा हुआ है उन्होंने कहा कि शिखर बैठक में जो चेन्नई विजन दिखाई दिया है इससे सहयोग का नया युग गुरू हुआ है वुहान शिखर सम्मेलन के नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच नीतिगत संवाद बढ़ा है जिससे स्थिरता में बढ़ोतरी हुई है और ट्विपक्षीय संबंधों में सुदृढ़ता आई है उन्होंने कहा कि चेन्नई संवाद से ट्विपक्षीय सहयोग के नए दौर की शुरूआत हुई है अब तक हमारे बीच द्विप्सीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है वृहान स्प्रिट ने हमारे संबंधों को एक नया मोमेन्टम और ट्रस्ट दिया है आज के हमारे चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के दौरान कुल छह घंटे तक एक दूसरे से सीधी बातचीत की उन्होंने कहा कि चीन ने व्यापार को लेकर भारत की चिंताओं पर ध्यान देने में दिलचस्पी दिखाई और भारत से निर्यात किये जाने वाली वस्तुओं की मात्रा और लागत में वृद्वि करने बारे में सहमति व्यक्त की दोनों नेताओं ने व्यापार में सेवाओं को उचित स्थान देते हुए परस्पर लामप्रद और व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी के महत्व को लेकर भी सहमति जताई राष्ट्रपति शी ने भारतीय सूचना टेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनी की मौजूदगी का स्वागत किया जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति षी ने कहा कि वो हमारी समस्यायें समझते हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं

श्री गोखले ने स्पष्ट रूप से बताया कि कश्मीर का मुद्दा किसी भी बैठक में नहीं उठा क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस बात को लेकर चिंतित थे कि आतंकवाद दोनों ही देशों के लिए खतरा बना हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने वर्ष दो हजार बीस को भारत चीन संस्कृति और जनता के आपसी संपर्क के वर्ष के रूप में मनाने का भी फैसला किया है दोनों देश इस सिलसिले में सत्तर कार्यक्रम आयोजित करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी व्यापारिक संबंधों में बेहतर संतुलन बनाने के लिए उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापारिक वार्ता प्रणाली स्थापित करने का भी फैसला किया वे विनिर्माण के क्षेत्र में साझेदारी के जरिये पारस्परिक निवेश बढ़ाने पर भी सहमत हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद और नक्सली हिंसा से बड़ा मानवाधिकार का उल्लघंन नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि चालीस हजार से भी अधिक लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवाई हैं जो मानवाधिकार हनन का सबसे बड़ा उदाहरण है कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के छब्बीसवें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और सरकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण करेगी भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वाच्च है और संविधान के अन्दर जो अधिकार सब नागरिक को मिले हैं इसकी रक्षा करना हमारा काम है व्यवस्था का काम है सरकार का काम है मानव अधिकार आयोग जैसे संगठनों का संस्थाओं का काम है केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मानवाधिकारों की लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी और उसमें सफलता भी हासिल की उन्होंने कहा कि हिरासत में होने वाली मौतों और पुलिस के अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि ऑनलाइन पाढ़य सामग्री के विनियमन के मुद्दे पर गम्मीरता बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर प्रस्तुत पाटय सामग्री को तैयार करने में नियम स्व विनियमन और विनियमन के अन्य तरीके होने चाहिए जिन्हें व्यापक स्वीकृति मिले तथा लागू किया जा सके श्री खरे मुम्बई में फिल्म प्रमाणन और विनियमन से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम विषय पर आयोजित दो दिन की गोष्ठी के समापन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल अपने फिरोजाबाद के दो दिवसीय दौरे के दौरान कल ऊँधनी गॉव पहॅच कर ऑगनवाडी बच्चों को फल वितरित की और वहॉ की व्यवस्थाओं शिक्षा आदि के बारे में निरीक्षण किया उन्होने गांव की महिलाओं से सफाई पर ध्यान देने का आग्रह किया राज्यपाल शुक्रवार की शाम सुहागनगरी के कॉच कारखानों में जाकर कॉच के कारोबार एवं कॉच की चूड़ी बनाते हुए देखा और कारीगरों से जानकारी हासिल की उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अवनीश क्मार अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में ग्णवत्ता का पूरा ध्यान रखने और इसे तय समय सीमा पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिये हैं विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कल श्री अवस्थी ने पूर्वाचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ साथ बायाओं के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश दिये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यूपीडा द्वारा एक मोबाइल एप लांच किया जायेगा जिसके जरिये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य की दैनिक प्रगति देखी जा सकेगी इस एप के माध्यम से आम जनता भी एक्सप्रेस वे की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगी बैठक में यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्माण कम्पनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे संतकबीरनगर में धनघटा पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत चपरा पूर्वी गांव के पास कल घाघरा नदी में एक नाव के पलटने की दुर्घटना में चार महिलायें अभी भी लापता हैं इस दुर्घटना में अट्ठारह लोग नाव में सवार थे पुलिस के अनुसार इनमें से चौदह लोग तैर कर बाहर आ गये जबकि चार महिलाए लापता है